छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का यह पहला मामला है कोरोना से संक्रमित यह युवती लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही थी और बीते पंद्रह मार्च को लंदन से रायपुर लौटी थी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देने पर युवती ने सत्रह मार्च को रक्त जांच करवाई थी जिसमें युवती को कोरोना वायरस पॉजीटिव पाया गया इसके बाद युवती को बीती रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती किया गया युवती के परिजनों को भी निरीक्षण के लिए आईसोलेशन में रखा गया है साथ ही उनके ब्लड सैंपल को भी जांच के लिए भेजा गया है इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में स्थित मॉल चौपाटी बाजार के साथ ही चाट पकोड़ी फास्ट फूड़ या अन्य खाद्य वस्तुएं की बिक्री के लिए लगने वाले अस्थायी ठेलों को आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी क्लब ब्यूटी पार्लर स्पॉ मसाज सेंटर कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी और स्वीमिंग पुल को भी आगामी आदेश तक तत्काल बंद करने को कहा गया है वहीं पर्यटन स्थलों में सामाजिक और सामूहिक आयोजनों की अनुमति पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके अलावा होटल मोटल रिसॉर्ट के साथ ही अन्य विश्राम गृहों के प्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं कि विदेश से आने वाले नागरिकों की तत्काल जानकारी दें राजधानी रायपुर सहि प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में धारा एक सौ चवालीस लागू कर दी गई है इसके तहत सभाओं आयोजनों बैठकों और अन्य कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है वहीं राज्य सरकार ने अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी है इसके साथ ही अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली समस्त यात्री वाहनों का संचालन भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ ही छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए हैं आंगनबाड़ी और गध्यान्ह भोजन कार्यक्रम बंद हो गया है मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी और स्कूलों के बच्चों को खाद्य सामग्री घर पहुंचाकर देने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा सभी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेलवे स्टेशनों पर भी कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए वहीं सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की जांच नाके और चेकपोस्ट पर की जाएगी इसके अलावा राज्य शासन ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कहा है कि राशन दुकान किराना दुकान मेडिकल स्टोर और जनरल शॉप सुचारू रूप से नियमित खुलेंगे ताकि लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके सरकार ने लोगों से अपील है कि वो किसी किस्म की अफवाहों पर भरोसा ना करें और दुकानों पर अनावश्यक भीड़ भाड़ करने से बचें

प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दों और इससे निपटने के प्रयासों पर जानकारी देने को लिए आज रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल शाम नोवल कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की इसमें जांच सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही भारत की तैयारियों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा गई प्रधानमंत्री ने नोवल कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने में लोगों स्थानीय समुदायों और संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर दिया है उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि वे भावी उपायों पर विचार विमर्श करें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

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साबून पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने के आसार हैं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है इस बीच पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के रायगढ़ और जगदलपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई वहीं जगदलपुर में ओले गिरने के भी समाचार हैं